मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महादलित मिशन के अंतर्गत अब राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों के लिये कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जायेगा मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आयोजित दलित सेना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महादलित मिशन के तहत पहले महादलितों के लिए ही कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही थी लेकिन अब प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि एससी और एसटी के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों के लिए यह योजना चलायी जाये उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद वर्ष दो हजार सात में उनकी सरकार ने महादलित आयोग का गठन किया था और इसकी अनुशंसा पर महादलित मिशन के तहत अनुसूचित जाति में आने वाली अत्यंत कमजोर जातियों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाया गया था केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक पत्र भेजकर कहा है कि सरकारी कामकाज में दलित शब्द का प्रयोग नहीं करें इसके स्थान पर संविधान के अनुच्छेद तीन सौ इकतालीस के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों के लिये अधिसूचित संवैधानिक शब्दावली अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट या हिन्दी में इसके उपयुक्त अनुवाद का ही प्रयोग करें इधर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एससी एसटी बहुल गांव में सौ बीपीओ खोला जायेगा उन्होंने कहा कि बिहार के हर जिले के एक एक गांव को डीजिटल बनाया जायेगा वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सरकार से मांग करते हुये कहा कि न्यायपालिका में भी आरक्षण को लागू किया जाये इसके लिये न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह आज पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल की तीन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे मंडल रेल प्रबंधक आरके जैन ने बताया कि श्री सिंह बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेल खंड के विद्युतीकरण कार्य और बापूधाम मोतिहारी स्टेशन के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे इसके साथ ही मंडल के चकिया मेहसी मोतिहारी कोर्ट और पिपरा स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे उन्होंने कहा कि मंडल के बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह से स्वच्छता थीम में परिवर्तित किया गया है मोतियाबिंद और रेटिना के इलाज के लिये प्रदेश सरकार गरीब मरीजों को चालीस हजार रूपये की सहायता राशि देगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि कोई भी गरीब मरीज निजी अस्पतालों में भी रेटिना का इलाज कराता है तो उसके लिये सहायता राशि प्रदेश सरकार उस अस्पताल को उपलब्ध करायेगी राज्य के हर संसदीय क्षेत्र के डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जायेंगे विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट कार्यालयों और डाक विभाग को इसका निर्देश भेजा है डाक निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि दस डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं जल्द ही अन्य स्थानों पर भी यह सेवा शुरू कर दी जायेगी पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के बोकनेकला पंचायत से पुलिस ने एक नक्सली रूदल सहनी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है पूलिस के अनुसार नक्सली को गिरफ्तार करने गयी टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया जिसमें दो थानाध्यक्ष समेत पांच सैप के जवान घायल हो गये राज्य सरकार कानून की पढ़ाई के लिये पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को पचहत्तर हजार रूपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देगी कल्याण विभाग के सचिव प्रेम कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने दो हजार पंद्रह के जारी संकल्प में संशोधन किया है जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है राज्य में संचालित मुख्यमंत्री महादलित अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत काम कर रहे टोला सेवकों और तालीमी मरकजों के शिक्षा सेवियों को राज्य सरकार सामाजिक दूत के रूप में तैयार करेगी इसके लिये जनशिक्षा निदेशालय इन्हें विशेष प्रशिक्षण देगा ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बीस अप्रैल को उज्ज्वला दिवस का आयोजन किया जायेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक सह राज्य स्तरीय संयोजक शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य में इस दिन एक हजार अस्सी एलपीजी पंचायत का आयोजन किया जायेगा इस पंचायत में लोगों को नये गैस कनेक्शन दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखण्ड में मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य कई केंद्रीय मंत्री और राज्य स्तरीय नेता शामिल होंगे बिहार विधान परिषद चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की कल अंतिम तारीख है नौ अप्रैल से ग्यारह सीटों के लिये होने वाले चुनाव की प्रक्रिया चल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद चुनाव में कल जदयू उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे जबकि पार्टी अपने अन्य उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज करेगी वहीं भाजपा ने प्रदेश कमिटी की ओर से चयनित नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है जिसकी घोषणा आज किये जाने की संभावना है गौरतलब है कि अभी तक राजद की ओर से तीन और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के एक सदस्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया है राजधानी पटना के गांधी मैदान में इमारत ए शरिया के बिहार झारखण्ड और ओडिशा ईकाई की ओर से आयोजित दीन बचाओ देश बचाओ सम्मेलन के लिये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं इसके लिये पूरे क्षेत्र में चार हजार जवानों को तैनात किया गया है साथ ही एक दर्जन डीएसपी को इनकी कमान सौंपी गयी है शहर के मुख्य चौक चाराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जांच अभियान चलाया जा रहा है भोजपुर जिले में कश्मीर के शस्त्रों का जाली लाइसेंस बनाया जा रहा था एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि तियर थाना क्षेत्र के अरैला गांव में शराब तस्करों की गिरफ्तारी के दौरान पूर्व प्रखंड प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ है उन्होंने कहा कि प्रमुख के घर से जम्मू कश्मीर के रामबाग के अधिकारी की जाली हस्ताक्षर से बना इक्कीस शस्त्र लाइसेंस एक बारह बोर राइफल एक मोडीफाइड आर्म्स बरामद किया गया है पुलिस ने प्रमुख की निशानदेही पर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पठानटोली से एक अन्य व्यक्ति को हथियार कारतूस और लाइसेंस की छाया प्रति के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है इस्टर्न स्टेट हेमन ट्रॉफी अंतरजिला ए डिविजन क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में मुजफ्फरपुर ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर बेगूसराय को पराजित कर दिया इसके साथ ही मुजफ्फरपुर हेमन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है जहां उसका मुकाबला भागलपुर से होगा पटना और समस्तीपुर की टीम नवादा में खेली जा रही पंद्रहवीं उमेश वर्मा बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गयी हैं रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने अंतरजिला गिरोह के चार अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक लाख अस्सी हजार रुपये बरामद किये हैं पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ज्वाइंट इंट्रेंस एक्जामिनेशन जेईई मेन की परीक्षा आज से शुरू हो रही है दो दिन चलने वाली इस परीक्षा में राज्य से लगभग बीस हजार छात्र शामिल हो रहे हैं राज्य में परीक्षा के लिये आठ शहरों में केंद्र बनाये गये हैं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 हिन्दुस्तार की सुर्खी है पासवान जाति भी अब महादलित में शामिल इसके साथ ही प्रभात खबर ने भी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है अब एससी एसटी को भी मिलेंगी महादलितों की सुविधायें वहीं दैनिक भास्कर ने कॉमनवेल्थ गेम्स की खबर को प्रमुखता देते हुये शीर्षक लगाया है भारत ने अपने कॉमनवेत्थ इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा सत्रह मेडल जीते दैनिक जागरण लिखता है गोल्ड कोस्ट में बरसा सोना